पीएम शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जनस्वास्थ्य और जलवायु स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए और यही दोनों हमारे भविष्य का फैसला करेंगे

उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत यह है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत मानवीय केंद्रित रवैये को ज्यादा महत्व देता है जलाभिषेक कार्यक्रम केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भोपाल में जलाभिषेकम् कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे मिंटो हॉल में सुबह होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में महात्मा गाँधी नरेगा कृषि सिंचाई योजना वॉटर शेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण होगा वर्चुअल कार्यकम में रक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री सागर मुरैना और छिंदवाड़ा जिले में निर्मित जल संरचना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे

इसके विकल्प के तौर पर वर्तमान में चल रहे एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेन्टर एटीपी मशीन कंपनी के पोर्टल और उपाय मोबाइल एप द्वारा बिल भ्गतान की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगी इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भूगतान के लिए अधिकृत किया जाएगा कंपनी ऑनलाइन भूगतान के अन्य विकल्पों को उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि चालू फरवरी मार्च माह में मीटर रीडर को बिजली बिल भुगतान के लिए अधिकृत नहीं किया गया है इसलिए इन माहों में मीटर रीडर को बिजली बिल का भुगतान नहीं करें

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है